जयपुर में आज कांग्रेस ने विघानसभा चुनावों को लेकर अपना जन घोषणा पत्र जारी करते हुए ये बात कही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने ये घोषणा पत्र जारी किया संचिन पायलट ने कहा कि यह कांग्रेस का जन घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि वचन पत्र हैं उन्होंने ऐलान किया कि ब्रज़र्ग किसानों को पेंशन दी जायेगी और खेती के उपकरणों को जीएसटी से बाहर किया जायेगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन्म के बाद बालिकाओं की पूरी शिक्षा मुफ्त कराई जायेगी उन्होंने पत्रकारों के लिये सुरक्षा कानून लाने की भी घोषणा की श्री पायलट ने बताया कि गोचर भूमि के विवाद निपटाने के लिये बोर्ड गठित किया जायेगा

घोषणा पत्र के लिये प्रदेशभर से लगभग दो लाख सुझाव आये जिन्हें ध्यान में रखते हुए जन घोषणा पत्र बनाया गया उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर उन सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया जायेगा जो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू की गई थी और जिन्हें वर्तमान राज्य सरकार ने बंद कर दिया है

इसके अलावा किसानों को कर्जा मुक्त बनाने की बात कही गई है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड के चौमहला में सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की उनका बकानी सुल्तानपुर खण्डार और मनिया में भी चुनावी रैलियां करने का कार्यक्रम है इधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहर्लात ने भीलवाडा के गुलाबपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर कई आरोप लगाये श्री गहलोत राजसमंद और बूंदी के तालेडा तथा टोंक के दूनी में भी आज प्रचार करेंगे वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिये आज से राजस्थान के दो दिन के दौरे पर है

कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष संचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत तथा प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डे ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई इस दौरान भाजपा के सलावत खान और धौलपुर के नेता विवेक बोहरा और रविन्द्र बोहरा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की

इसके चलते जैसलमेर ॅजिले में पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है

बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज पा यानी पुरूषो की वोट मैराथन आयोजित की गई और पढकर परखकर वोट डालेंगे समझकर लाईन के जरिये मतदान करने का संदेश दिया गया

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रेखा गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि इस संबंध में एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है उन्होंने उम्मीद जताई कि इस विधानसभा सीट पर चुनाव के बारे में फैसला आज शाम तक लिये जाने की संभावना है

स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह हाईसिस अलग अलग कोण से पृथ्वी की उत्कृष्ट तस्वीरें ले सकता है यह कृषि वन जैव पारिस्थितिकी समुद्र तटीय क्षेत्र और नदी मार्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने में सक्षम है

प्रदेश की प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नीना निगम ने आज आकाशवाणी जयपुर पर लाईव फोन इन कार्यक्रम के जरिये ये जानकारी दी

वित्त मंत्रालय के अनुसार अंतरिम बजट तैयार करने का काम शुरू हो गया है